प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया

चार हजार नौ सौ अड़तालीस मरीजों का चल रहा है उपचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिये प्रदेश सरकार कार्ययोजना तैयार करेगी उन्होंने कहा कि राज्य में सभी कामगारों को रोजगार दिया जायेगा इसी उददेश्य से इनकी स्किल मैपिंग कराई गयी है मुख्यमंत्री ने सभी कामगारों के लिये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मरीज के घर वालों से लगातार संवाद भी स्थापित करें उन्होंने सभी अस्पतालों में साफ सफाई के साथ साथ मरीजों को ताजा व गरम भोजन और पीने के लिये गुनगुना पानी देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों को सक्रिय रखकर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से उन्हें ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाये मुख्यमंत्री ने गो हत्या और गो तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये उन्होंने ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा बेसिक शिक्षा समाज कल्याण तथा कस्तुरबा गांधी विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिये एक टीम बनाई जाये और इसमें गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने अटठाईस जून को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजें प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीटर पर कहा कि मन की बात कार्यक्रम ऐसा जीवंत माध्यम है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम दो हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकार्ड करा सकते हैं नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य लिखित रूप में विचार नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन की चिकित्सा प्रणाली में रेमडेसीविर दवा को केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया है मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं हैं मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई इन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसीविर का इस्तेमाल कोविड नाइन्टीन की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है और यह देश में उपलब्ध है मंत्रालय ने कहा है कि यह दवा अमरीका खाद्य और दवा प्रशासन से अनुमोदित नहीं है और वहां भी इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही किया जाता है और केन्द्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लगाने का दावा करने वाला संदेश असत्य है एक ऐसा ही संदेश फेसबुक पर चल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि अट्ठारह जून से सख्त लॉकडाउन लागू होगा प्रेस सूचना कार्यालय पीआईबी ने ट्वीट में कहा है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है पीआईबी ने लोगों से अफवाहों से बचने का आग्रह किया है प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से अधिक प्रभावित ग्यारह जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की विशेष टीम की नियुक्ति की है ये अधिकारी पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगे

पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं अभी तक देश में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से एक लाख बासठ हजार तीन सौ अठहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर संकेत करती है कि संक्रमण से पीड़ित आधे से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं उचित समय से संक्रमण की पहचान और बेहतर चिकित्सा प्रबन्धन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है भारतीय आयर्विज्ञान अन्संधान परिषद ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए परीक्षण प्रक्रिया तेज कर दी है सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर छः सौ छियालीस और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या दो सौ सैंतालीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख इक्यावन हजार व्यक्तियों की जांच की गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के चार सौ निन्यानबे नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में अब तक क्ल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तेरह हजार छः सौ पन्द्रह हो गई है तीन सौ चौरानबे लोगों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसके साथ ही प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या आठ हजार दो सौ अड़सठ हो गई है पिछले चौबीस घंटों में चौदह लोगों की मृत्यु के साथ अब तक कुल मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ निन्यानवे पहुंच गई है राज्य में फिलहाल चार हजार नौ सौ अड़तालीस लोगों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम तीन बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक तिरासी मामले गौतमबुद्ध नगर जिले में मिले यहां सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ अस्सी हो गई है लखनऊ में उन्तीस नए मामले मिले हैं जौनपुर में सत्ताईस लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ पन्चानबे हो गई है मेरठ में भी सत्ताईस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी यहां सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ सत्तर है प्रदेश सरकार आम उत्पादक किसानों और निर्यातकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम निर्यात और विपणन के बारे में समीक्षा बैठक में राज्य में उत्पादित आम की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में आम उत्पादकों और निर्यातको के कल्याण और हितों के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने राज्य से आम निर्यात बढ़ावे के लिए पुराने बगीचों के जीर्णाद्वार शीत ग्रहों और पैकेजिंग सुविधाओं की व्यवस्था तथा क्रेता विक्रेता गोष्ठियों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए कहा साथ ही आम आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत आम उत्पादकों और निर्यातकों के लिए अनुदान की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए उन्होंने प्रदेश में गंगा किनारे क्षेत्रों में आम की ऑर्गेनिक खेती करने पर बल दिया राज्य में आम उत्पादक जनपदों में मुख्य रूप से राजधानी लखनऊ सहित सहारनपुर मेरठ बागपत बुलंदशहर अमरोहा बाराबंकी हरदोई सीतापुर अयोध्या प्रतापगढ़ और बनारस शामिल हैं हालांकि यहां पर आम की बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन दशहरी लंगड़ा चौसा रामकेला रातौल लखनउआ सफेदा गौरजीत आक्रपाली और मलिका आम की सबसे ज्यादा मांग रहती है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है गत बारह जून की रात में ब्खार आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था धर्मेन्द्र यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं लोकप्रिय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कल निधन हो गया पुलिस ने बताया कि अभिनेता ने मुम्बई के बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगा ली वह चौंतीस वर्ष के थे